बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले दो दिनों तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी

जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है वहीं प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से खुले आसमान के नीचे जीवन बसर कर रहे गरीबों के बीच कंबल का वितरण भी किया जा रहा है कृषि कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये भाजपा की ओर से आज पटना सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद किया इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि किसानों के उज्ज्वल भविष्य के लिये इन कृषि सुधारों का बहुत महत्व है उन्होंने जोर दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को मजबूती से चालू रखा जायेगा इस अवसर पर स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव ने भी लोगों को संबोधित किया वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वैशाली जिले में जन संवाद को संबोधित करते हुये विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने आज तक किसानों के हित में कोई कार्य नहीं किया है

प्रदेश में कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर संतानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है अब तक दो लाख चालीस हजार नौ सौ पंद्रह मरीज इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं वर्तमान में कोविड उन्नीस के सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार नौ सौ छिहत्तर है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड उन्नीस के पांच सौ निन्यानवे नये मामले सामने आये हैं पटना में सबसे अधिक दो सौ तिरपन मामलों की पुष्टि हुई है वहीं सारण में छत्तीस मुजफ्फरपुर में पैंतीस लखीसराय में छब्बीस और बेगूसराय में पच्चीस मामले सामने आये हैं वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की प्रष्टि हुई है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर पंचानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों में उनतीस हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर पंचानवे लाख अस्सी हजार हो गई है वर्तमान में देश में संक्रमण के तीन लाख पांच हजार सक्रिय मामले हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार के समग्र प्रयासों के कारण कोविड महामारी से निपटने के मामले में भारत हर क्षेत्र में अन्य देशों से बेहतर है साउंड बाईट एक मिलियन से डेढ मिलियन के बीच में रोज टेस्ट हो रहे हैं

केसिस पर मिलियन डेथ्स पर मिलियन टेस्ट पर मिलियन कोई भी पैरामीटर आंकड़े से दुनिया से कम्पेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत बेहतर है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एडिशनल प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत में कोविड टीके विकसित किए जाने की प्रगति की जानकारी दी उन्होंने लोगों को टीका उपलब्ध होने के बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सभी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी

लोगों के नैरेटिव्स बदलते रहे पहले हमें जानकारी नहीं था हम प्रोटेक्शन के लिए बहत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे बातें कर रहे थे फिर बाद में ट्रीटमेंट मोडेलिटी के बारे में बात हुई वैक्सीन के बारे में चिकित्सा जगत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर ये वैक्सीन जो है हंड्रेट परसेंट प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें हो जाये लेकिन वैक्सीन के लेने से पहले वैक्सीन के लेने के दौरान और वैक्सीन के लेने के बाद भी जो सबसे बड़ा वैक्सीन है वो आपका संयम और सतर्कता है आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स बराबर बनाये रखना है और इस पर किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं बरतनी है कोरोना महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन ने अन्य राज्यों के लिये उदाहरण प्रस्तुत किया है निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को अगले साल अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव के लिये अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी है दोनों पदाधिकारी पश्चिम बंगाल तमिलनाडु असम और पुड़चेरी में होने वाले चूनाव में अधिकारियों के साथ अपने अनुभव भी साझा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नवगछिया के बिहपुर स्थित गुआरीडीह गांव में मिले प्रातात्विक अवशेषों को संरक्षित करने के लिये कोसी की धार को मोड़ा जायेगा मुख्यमंत्री आज भागलपुर के गुआरीडीह में पुरातात्विक अवशेषों का अवलोकन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि धार में परिवर्तन के बाद इस इलाके में कटाव की समस्या भी समाप्त हो जायेगी उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग और जल संसाधन विभाग की पूरी टीम लगभग ढाई हजार साल पुराने इस ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन कर अवशेषों को खोजेगी श्री कुमार ने कहा कि पुरातत्व विभाग की टीम ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई के लिये विभाग को निर्देश दिये गये हैं इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी जिलाधिकारी प्रणव कुमार और नवगछिया के पूलिस अधीक्षक स्वप्ना जी मेश्राम के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिकी श्रृंखला दो हजार बीस की विशेष कड़ी में आज हम आपको महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट प्रसारित कर रहे हैं महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण एनडीए सरकार की कार्यसूची का प्रमुख हिस्सा है इस वर्ष अक्तूबर में दुर्गापूजा के अवसर पर नारी शक्ति को संबोधित एक गीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया था साउंड बाईट नारी शक्ति हमेशा हमेशा से समी चुनौतियों को परास्त करने की ताकत रखती है ऐसे में यह समी का दायित्व है कि संगठित रूप से सभी उनके साथ खड़े हों भारतीय जनता पार्टी के विचार यही हैं संस्कार यही हैं और संकल्प भी यही है सामाजिक अनुसंधान केंद्र की निदेशक रंजना कुमारी ने आकाशवाणी को बताया कि लैंगिक समानता के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है साउंड बाईट आत्मनिर्भरता की बात हो रही है मेकिंग इन इंडिया की बात एक समय चली थी लेकिन ये सब तभी संमव है जबकि ये पांच लिंक जिनकी बातचीत वे हमेशा करते हैं कि क्रेडिट लिंक करिए मार्किट से लिंक करिए स्किल से लिंक करिए इंश्योरेंस से लिंक करिए औरतों के जो रोजगार हैं और साथ साथ में उनकी क्षमतावर्धन पर काम हो तब जाकर के फिर महिलाए इस समय रोजगार के क्षेत्र में आएंगी और एक बार आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन जाएं तो फिर शायद महिलाओं को तमाम इस तरह के जो अनपढ़ होने की समस्या से जूझना पड़ता है और खासतौर से हिंसा के संकट से वो शायद उतना न उनको जूझना पड़े मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन गया प्रसाद सिंह के उस आवास के जीर्णोद्वार का कार्य शीघ्र प्रारंभ करेगा जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी चंपारण यात्रा के दौरान चार दिनों तक ठहरे थे जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आज आवास का निरीक्षण कर इस बात की जानकारी दी इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं जदयू के दरभंगा जिला उपाध्यक्ष और समता पार्टी के संस्थापक सदस्य परमेश्वर सिंह का निधन हो गया है वे समता पार्टी के मनिगाछी प्रखंड के प्रथम अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि परमेश्वर सिंह समता पार्टी के समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता थे और उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति हुई है मुजफ्फरपुर जिले के बैरिया कुढ़नी कांटी और सकरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिछले दो दिनों में करोड़ों रूपये मूल्य की शराब के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के फोरलेन पर पुलिस ने छापेमारी कर दो हजार तीन सौ चालीस बोतल नेपाली शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है औरंगाबाद जिले के अंबा थाने में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली मृतक अवर निरीक्षक रोहतास जिले का रहने वाला था पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है पुलिस मामले की जांच कर रही है मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के घोसी टोला दुर्गा स्थान के पास दो दिनों पूर्व टाउन हाई स्कूल के छात्र को अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के थोड़ी देर बाद धमकी देकर छोड़ दिया छात्र के पिता ने इस संबंध में आज कोतवाली पुलिस को लिखित सूचना दी है पुलिस मामले की जांच कर रही है मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत औरंगाबाद के देव कुंड में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें तीन सौ मरीजों का जांच के बाद निःशुल्क दवा दी गई बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र का स्टेशन रोड अब महान स्वतंत्रता सेनानी जगन्नाथ प्रसाद पथ के नाम से जाना जायेगा पथ के नामकरण कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया इस अवसर पर स्थानीय जन प्रतिनिधि भी उपस्थित थे नालंदा के जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री किसान विद्युत योजना के तहत जिले के छह हजार चार सौ किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन जल्द ही उपलब्ध कराया जायेगा